केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी का जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों ने किया स्वागत

अलवर में इंदिरा रैसोई का शुभारंभ श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली तथा जिला कलेक्टर आनंदी ने फीता काटकर किया जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने तीन जगह इंदिरा रसोई शुरु करवाई बारां में विधायक पानाचंद मेघवाल सिरोही में विधायक संयम लोढा तथा सवाईमाघोपुर में विधायक दानिश अबरार योजना के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहे भरतपुर में इंदिरा रसोई की शुरुआत संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल और कलेक्टर नथमल डिडेल ने की

मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात के सूरत ने दूसरा और महाराष्ट्र की नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया है

इस बीच केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से स्वयं को आइसोलेट करने और जांच करवाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शेखावत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है

यह पहला अवसर है जब यह मेला स्थगित किया गया है वहीं सवाई माघोपूर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर लगने वाला लक्खी मेला भी कोरोना के चलते निरस्त कर दिया गया है

संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर एक दशमलव नौ शून्य पर आ गया है

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना मृत्युदर एक दशमलव तीन फीसदी रह गयी है और राज्य सरकार मृत्युदर को शून्य पर लाने तथा रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति बच्चे ब्रजुर्गो और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

श्री नायडु ने आशा व्यक्त की कि बहुत जल्द अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है

गृह मंत्री अभित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन से देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा प्रदेश के युवाओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है सवाई माधोपुर के एक युवा आशार्थी ने सरकार की इस घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे युवाओं के धन और समय दोनों की बचत होगी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि सूचना क्रांति के क्षेत्र में राजीव गांधी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्वा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयती के असवर पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये इस मौके पर प्रदेशभर में सद्भावना दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाँ रहे हैं विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना की शपथ भी दिलवाई गई

भरतपुर में इस मौके पर राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी हुई जैसलमेर के तनेराव पार्क में वक्षारोपण किया गया बुंदी में पृष्पांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी रखी गई

रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि निजि बसें बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के रोडवेज की बसों के आगे पीछे चलती है जिससे रोडवेज को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़े रहा है श्री जैन ने बताया कि रोडवेज द्वारा वर्तमान में चौदह सौ बसें संचालित की जा रही हैं जिनमें रोजाना करीब सवा दो लाख लोग यात्रा कर रहे हैं

मौसमें विभाग ने आज सिरोही राजसमन्द उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ जयपुर अलवर दौसा भरतपुर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ तथा जैसलमेर में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की चैंतावनी देते हुए ऑरेज अलट जारी किया है